प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से मिले आज बारिश के समाचार

समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बालिका विद्यालयों में शौचालय निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं उन्होंने ये बात आज अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए कही बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्य प्राथमिकता के साथ तय समय सीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए इस दौरान मुख्यमंत्री ने कपकोट में सरयू नदी के उद्गम स्थल सरमूल सौधारा के विकास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा उन्होंने सरयू नदी के संरक्षण के लिए व्यापक जनभागीदारी से वृक्षारोपण चाल खाल निर्माण और जल सरंक्षण आदि पर विशेष ध्यान देने को कहा अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सल्ट के मनीला में जड़ी बूटी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फलों के हब विकसित करने के निर्देश भी दिए मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन के कारण मोटर मार्ग और गांवों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों पर यातायात बाधित हो रहा है पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि के कारण एक पुल के बहने के भी समाचार हैं जिसके कारण ज्योलीकांग के आईटीबीपी कैम्प तक राशन पहंचाना कठिन हो गया है भारी बारिश के चलते आम लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है इधर देहरादून सहित अल्मोड़ा बागेश्वर टिहरी हरिद्वार पिथौरागढ़ चम्पावत पौड़ी और रूद्रप्रयाग में आज बारिश होने के समाचार हैं देहराद्रन में आज तेज बारिश के चलते विभिन्न स्थानों पर जलभराव की समस्या पैदा हुई इस दौरान लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा

विभाग का मानना है कि इस अवधि के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है निरीक्षण खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया

इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

खेल मंत्री ने कहा कि स्टेडियम में खेल से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी

इनोवेशन समिट हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ में इस बार प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा इसके लिए राज्य सरकार प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के थैले उपलब्ध कराएगी हरिद्वार में आयोजित इनोवेशन समिट में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि महाकृम्भ विश्व की आस्था का केंद्र है उन्होंने कहा कि कुंभ का सफल आयोजन शासन के लिए बड़ी चुनोती है जिसके लिए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल तक राज्य में गंगा नदी को पूरी तरह से गंदगी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है इस मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि यातायात व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिए केंद्र से हरिद्वार में रिंग रोड़ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है फेक न्यूज और सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के उपाय यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

इन बसों की खरीद जल्द ही की जाएगी

उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है

समग्र शिक्षा अभियान सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाना और समग्र शिक्षा से समग्र विकास का लक्ष्य पूरा करना है समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राशि आवंटित करती है किस राज्य में छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना बेहतर है स्कूल के प्रधानाध्यापक की अलग पहचान है या नहीं और नेशनल एचीवर सर्वे यानी नैस में राज्य सरकार ने कितना बेहतर किया है इसके आधार पर राज्यों को राशि आवंटित की जाती है उत्तराखण्ड में भी यह अभियान लागू किया गया है इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूली यूनिफॉर्म जूते बैग कॉपी और किताबें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं देहरादून स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस योजना से बेहद उत्साहित हैं छात्राओं ने इस योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया देश में स्कूली शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई

इस योजना ने हर वर्ग के विद्यार्थियों के चेहरों पर एक मुस्कान लाने के साथ ही एक आत्मविश्वास भी पैदा किया है तस्करी चम्पावत जिले में पुलिस और वन विभाग को पाटी थाने के तहत वन्य जीव तस्कर को पकड़ा है तस्कर के पास से गुलदार की खाल के साथ हड्डियां भी पकडी गयी हैं पकड़ा गया अभियुक्त चम्पावत का ही रहने वाला है आरोपी पर वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्वालुओं को सभी प्रकार की सुविधांए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज घण्टाघर स्थित आर्ट गैलरी में समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया इस प्रदर्शनी का आयोजन ख्याति प्राप्त चित्रकार स्वर्गीय सुरेन्द्र पाल जोशी की स्मृति में किया गया है